अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सामुदायिक आधार पर जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने का आहवान किया है उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जैविक खेती वाले भू भाग का मानचित्र विकसित किया है और अटठासी जैव नियंत्रण कारको तथा बाईस जैव कीटनाशकों की पहचान की है जिनसे जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है प्रधानमंत्री ने कहा है कि खेती से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए हर साल हैकेथान यानि लंबी कार्यशाला और शिविर आयोजित किये जाने चाहिए उन्होंने कहा है कि खेती के काम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए ऐसे औजार और उपकरण तैयार किये जाने चाहिए जिनसे उनका परिश्रम कम हो श्री मोदी ने स्वस्थ और पौटिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए खाने में ज्वार बाजरा रागी और अनाज शामिल करने की जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गोड़डा जिले के किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के तहत लाभ मिल रहा है

यह ऐप्प पहले से इस्तेमाल में होना चाहिए और इसमें विश्व स्तर का एप बनाने की क्षमता होनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रौद्योगिकी समुदाय से आत्मनिर्भर भारत एप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की अपील की है यह प्रतिस्पर्धा मौजूदा ऐप्प को बढ़ावा देने और नये एप विकसित करने के लिए होगी श्री मोदी ने लिक्डइन पर लिखे एक पोस्ट में कहा है कि इ लर्निंग वर्क फ्राम होम गेमिंग बिजनेस मनोरंजन कार्यालय कार्य और सोशल नेटवर्किंग के मौजूदा ऐप्प को बढ़ावा देने तथा नये ऐप्प विकसित करने के लिए सरकार पूरा सहयोग देगी वंदे भारत मिशन का चौथा चरण श्रू हो गया है इस चरण में पांच सौ से अधिक उड़ानों का संचालन किया जायेगा इसके तहत एयर इंडिया के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों के विमानों का संचालन होगा एयर इंडिया की एक सौ सत्तर उड़ाने पंद्रह जुलाई से आस्ट्रेलिया बहरीन बांग्लादेश कनाडा जर्मनी जापान कवैत मलेशिया ओमानसउदी अरब कतर और फिलिपिंस सहित विश्व के विभिन्न देशों से यात्रियों को लाने और लेजाने का काम करेगी इस बीच रिकार्ड पांच लाख भारतीय इस मिशन के तहत सुरक्षित भारत लौट चुके हैं सात मई को यह ऑपरेशन शरू हआ था और दो महीने से भी कम समय में एक सौ सैंतीस देशों के लगभग पांच लाख चार हजार भारतीय अपने घर लौट चुके हैं झारखंड में पिछले चौबीस घंटों में कोरोना संकमण से एक दिन में पहली बार चार मरीजों की मौत हो गयी है राज्य में अब तक कोरोना संकमण से मरने वालों की संख्या बढकर उन्नीस हो गयी है कल रांची के रिम्स में दो और जमशेदपुर में दो कोरोना संक्रमितों की मौत हुई पिछले चौबीस घंटों में अड़तीस नये कोरोना संक्रमित मिले हैं अब राज्य में कल संकमितों की संख्या बढकर दो हजार सात सौ पैतालीस हो गयी है अच्छी खबर यह है कि पिछले चौबीस घंटों में चौतीस मरीज स्वस्थ हुए और अब तक राज्य में कुल दो हजार पैंतालीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं मरीजों के स्वस्थ होने का प्रतिशत चौहत्तर दशमलव चार नौ हो गया है धनबाद जिले में कोवीड संक्रमितो की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है कल दो मीडियाकर्मी समेत तीन लोग कोरोना से संक्रमित मिले

उपायुक्त अमित कमार ने इसकी पृष्टि की है

झारखंड में इक्तीस मार्च से तीस जून तक कोरोना संकमित मिलने की वजह दो सौ पांच कंटेनमेंट जोन बनाये गए थे इनमें से एक सौ तिरेपन इलाके कंटेनमेंट जोन से मुक्त हो चुके हैं राज्य में इस समय बावन कंटेनमेंट जोन है हालांकि एक से दो दिनों में मिले कोरोना संकमितों की वजह से नये कंटेनमेंट जोन बनाने तैयारी चल रही है वहीं झारखंड देश के उन पंद्रह राज्यों में शामिल हो गया है जहां मरीजों के स्वस्थ होने की दर सबसे अधिक है राज्य में तीस जुन तक बने दो सौ पांच कंटेनमेंट जोन में एक लाख बीस हजार पांच सौ तेरह परिवार की स्वस्थ्य जांच की जा चूकी है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

आयकर विभाग ने कहा है कि वित्त वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए रिर्टन भरने की तिथि बढ़ाकर तीस नवंबर दो हजार बीस करने का फैसला लिया गया है आयकर विभाग ने कल टविट कर यह जानकारी दी इससे पहले केन्द्र ने वित्त वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस का रिर्टन दाखिल करने की समय सीमा को इक्तीस जुलाई करने की घोषणा की थी भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल ने इस वर्ष जून के महीने में अब तक की सबसे अधिक बिकी की है इस्पात की घरेलू बिकी और निर्यात बारह लाख सतहत्तर लाख टन रहा जो पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में अठारह प्रतिशत अधिक है जून दो हजार बीस में कंपनी ने सबसे अधिक निर्यात किया है आद्रा रेलमंडल अंतर्गत आज कोटशिला प्रदांग स्टेशन के बीच ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक होने की वजह से रांची पटना स्पेशल जनशताब्दी एक्सप्रेस के निर्घारित समय में बदलाव किया गया है ट्रेन अपने निर्घारित समय तीन बजकर पच्चीस मिनट की जगह एक घंटे देरी से चार बजकर पच्चीस मिनट पर रवाना होगी बोकारो जिले में स्वच्छ भारत अभियान के तहत युद्ध स्तर पर काम हुआ है बोकारो जिला पिछले वर्ष ही खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुका है

झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने कल ग्यारहवीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी किया इस बार परीक्षा में तीन लाख तेईस हजार नौ सौ चौबीस परीक्षार्थी सफल हुए हैं जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष तेरह प्रतिशत विद्यार्थी अधिक सफल हुए हैं उन्होंने बताया कि जैक द्वारा इस वर्ष ग्यारहवीं बोर्ड परीक्षा के पैर्टन में बदलाव किया गया था जिसका सकारात्मक असर परिणाम पर पडा है उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी अपना रिजल्ट जैक की वेबसाइट पर देख सकते हैं आज गुरू पूर्णिमा है आज के दिन हम अपने गुरू को याद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं इस मौके पर राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में ऑनलाइन गुरू वंदना का कार्यक्रम हो रहा है कोरोना संकमण की वजह से मंदिरों के पट बंद हैं इसलिए लोग घरों में ही पूजा अर्चना कर रहे हैं कोरोना संकमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लिये गए निर्णय के बाद दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम में कल से शुरू हो रहे श्रावण मास में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने नहीं आ सकेंगे

इधर राजधानी रांची में भी पहाड़ी मंदिर स्थित भगवान भोलेनाथ के ऑनलाइन दर्शन के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारी की जा रही है